इसको ध्यान में रखते हुए ग्यारह सितम्बर से प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से मन की बात के जरिए लोगों से संवाद कर रहे थे मैं कह सकता हूँ कि गाँधी सेवा भाव से संगठन भाव को भी बल देते रहते थे

सही अर्थों में यही महात्मा गाँधी को सच्ची श्रद्वांजलि है सच्ची कार्याजलि है प्रधानमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है और इसे ईघन में बदला जा सकता है उन्होंने सिंगल यूज यानी दोबारा इस्तेमाल न होने वाले प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए लोगों से मिलकर काम करने का आह्वान किया देश की सभी नगरपालिका नगरनिगम जिला प्रशासन ग्राम पंचायत सरकारी गैरसरकारी सभी व्यवस्थाएँ सभी संगठन एक एक नागरिक हर किसी से मेरा अनुरोध है कि प्लास्टिक कचरे के क्लेकशन और स्टोरेज के लिए उचित व्यवस्था हो मैं कॉरपोरेट सेक्टर से भी अपील करता हूँ कि जब ये सारा प्लास्टिक वेस्ट इकठ्ठा हो जाए तो इसके उचित निस्तारण हेतु आगे आयें श्री मोदी ने कहा कि सितम्बर का महीना देशभर में पोषण अभियान के रूप में समर्पित है भोजन के महत्व से जुड़े एक संस्कृत सुभाषित का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने महिलाओं और नवजात शिशुओं सहित सभी लोगों के लिए संतुलित और पोषक आहार पर जोर दिया उन्होंने पोषण अभियान का भी उल्लेख किया पोषण अभियान के अंतर्गत पूरे देशभर में आध्निक वैज्ञानिक तरीकों से पोषण को जन आन्दोलन बनाया जा रहा है लोग नए और दिलचस्प तरीकों से क्पोषण से लड़ाई लड़ रहे हैं कुपोषण की चुनौतियों के संदर्भ में नासिक में प्रचलित मुद्दी भर अभियान जैसे लोकप्रिय अभियानों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है इस योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता फसल के मौसम में लोगों से मुद्दीभर चावल इकट्ठा करती हैं जिसका उपयोग बच्चों और महिलाओं का भोजन बनाने के लिए किया जाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर में फिट इंडिया आंदोलन शुरू किया जाएगा

देश को फिट बनाना है हर एक के लिए बच्चे बुजुर्ग युवा महिला सब के लिए ये बड़ा इन्ट्रसटिंग अभियान होगा श्री मोदी ने कहा कि डिस्कवरी चैनल पर मैन वर्सिस वाइल्ड के प्रसारण के बाद लोग वन्यजीवन और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे विश्व को भारत की परंपराओं और प्रकृति के प्रति उसकी उदारता के बारे में जानने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत दो हजार बाईस के निर्घारित लक्ष्य से पहले ही बाघों की संख्या दोगुनी करने में सफल रहा है उन्होंने कहा कि यह न्यू इंडिया है जहां लक्ष्य समय से पहले पूरे किए जाते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि न केवल बाघों की संख्या बल्कि संरक्षित क्षेत्रों और सामुदायिक वनक्षेत्रों में भी वृद्वि हई है

शिखर सम्मेलन में भारत को भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया है श्री मोदी इस सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वैठकें भी करेंगे इस वार्षिक सम्मेलन में सभी सदस्य देश फ्रांस इटली कनाडा अमरीका जापान जर्मनी और ब्रिटेन के नेता हिस्सा ले रहे है

श्री मोदी ने कल मनामा में बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की उन्होंने बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा से भी मुलाकात की दोनों देशों के बीच संस्कृति अंतरिक्ष सौर ऊर्जा और रू पे कार्ड को लेकर कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री अरूण जेटली का आज दिल्ली में निगम बोध घाट पर दोपहर बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया आज पार्टी मुख्यालय में लोगों ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की अरूण जेटली का कल दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था छाछठ वर्षीय श्री जेटली को इस महीने की नौ तारीख को एम्स में भर्ती कराया गया था